वहीं मंडला नरसिंहपुर शाजापुर में एक एक पर्चा जमा किया गया है कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूधनी सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को भी संबोधित किया प्रमुख उम्मीदवारों में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया सीट से खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी मंत्री विजय शाह ने खंडवा की हरसूद सीट से अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये इसी प्रकार भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा की मौजूदगी में अलीराजपुर और जोबट सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं वही केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दतिया में नरोत्तम मिश्रा के नामांकन पत्र दाखिल कराने की प्रकिया में शाामिल थे वहीं कांग्रेस की ओर चुरहट सीट से नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चाचोड़ा से लक्ष्मण सिंह और राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह ने नामांकन पत्र भरे आम आदमी पार्टी के तीन उम्मीद्वारों ने इन्दौर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र जमा किये आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस दौरान मौजूद थे सूची प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में अपने उम्मीदवारों की तीसरी सुची जारी की है

इसके पूर्व कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सुची जारी की

जारी सूची में पांच विधायकों के टिकट काटे गये हैं वहीं दो महिलाओं को भी टिकट दिये गये हैं

पार्टी ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री निर्मला भूरिया को पेटलाबाद से मैदान में उतारा है हालांकि दूसरी सूची में भी इंदौर तथा गोविन्दपुरा जैसे चर्चित क्षेत्रों के लिये उम्मीदवार घोषित नहीं किये गये हैं

तेरह नवम्बर को ही आयोग द्वारा भोपाल में ष्षाम को राजनैतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी

चुनाव सुरक्षा बल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेष में केन्द्रीय सुरक्षा बल की छह सौ पचास कंपनियां तैनात होंगी राज्य की सीमा पर अवैध शराब अवैध हथियार एवं असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों का उपयोग किया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने बताया है कि मतदान केन्द्र मतदान कर्मी मतदान में उपयोग होने वाली सामग्री की सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं इस संबंध में प्रदेश में उपलब्ध पुलिस बल एवं सशस्त्र सुरक्षा बल के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर से भी केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा

इससे मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी

वहीं राजभवन में दीपावली के अवसर पर पर्यटन स्थल के फोटोग्राफ की प्रदर्शनी तथा आकर्षक रोशनी की जायेगी

आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने यह जानकारी कल नई दिल्ली में तीसरे आयुर्वेद दिवस का उद्घाटन करते हुए दी उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद विभाग ने सौ ईएसआईसी अस्पतालों का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है श्री नाइक ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षाबल बीएस एफ के सात अस्पतालों के साथ ही अन्य अर्द्वसैनिक बलों के अस्पतालों में भी आयुर्वेद विभाग खोलने की मंजूरी दे दी है श्री नाइक ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने मौजूदा छह राज्यों में चलाए जा रहे गैर संचारी रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम का दायरा और बढ़ाने का निर्णय किया है

आयुर्वेद दिवस भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के आयुष विभाग द्वारा भी कल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया धवंतरी भगवान की पूजा के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक डाक्टर सरमन सिंह ने आयुष पद्धति द्वारा आधुनिक मानकों के साथ बीमारियों को लेकर शोध कार्य पर बल दिया इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने जीवन शैली में बदलाव स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष पद्धतियों की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी दीप पर्व धनतेरस के साथ ही कल दीप पर्व की शुरूआत हो गयी कल देर रात तक पूरे प्रदेश में बाजारों में रौनक बनी रही धनतेरस पर बर्तन सोर्न चांदी के आभूषण सहित अन्य खरीददारी को शुभ माना जाता है खंडवा में महालक्ष्मी माता मंदिर में मंगला आरती के साथ पांच दिवसीय दीप महोत्सव शुरू हुआ साथ ही भगवान धनवंतरी और कुंबेर का पूजन किया गया धार में भी धनतेरस पर विशेष उल्लास रहा और बाजारों में जमकर रौनक रही वहीं आज रूपचौदस का पर्व मनाया जायेगा जिसमें साज और श्रृंगार का विशेष महत्व होता है स्पेशल ट्रेन रेल प्रशासन ने दीपावली त्यौहार के मद्देनजर हबीबगंज और रीवा के मध्य चार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है पश्चिम मध्य रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेल प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर अतिरिक्त भीड़ होने के कारण हबीबगंज रीवा हबीबगंज स्पेशल पूर्णतः वातानुकूलित एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया गया है

वहीं इन्दौर जिले ने उज्जैन के बड़नगर में सम्पन्न राज्य बैंच प्रेस स्पर्धा में पुरूष सीनियर वर्ग का खिताब जीता है सीनियर महिला टीम उपविजेता रही है वहीं तैराकी में इन्दौर की भाविका पिंगले बैंगलूरू में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला तैराकी और गोताखोरी स्पर्धा में चैम्पियन बनी है

वहीं बैतूल जिले में वित्तीय अनियमितता के आरोप में तीन पंचायत सचिवों की सेवा समाप्त कर दी गई है

मुरैना में खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अमले को जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं